कहा देश के विनिर्माण में तेजी लायेगी यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वैकेंया नायडू ने भारत की भाषायी विविधता को बताया देश की आधारशिला

कल से शुरू हो रहा है राज्य विधानसभा का बजट सत्र

प्रधानमंत्री नीति आयोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के लिए उत्पादकता संबद्ध प्रोत्साहन योजना की शुरूआत की है इस योजना से देश में विनिर्माण में तेजी लाने का अनुठा अवसर उपलब्ध कराया है कल नीति आयोग की शासी परिषद की छठी बैठक में श्री मोदी ने राज्यों से इस योजना का भरपूर उपयोग करने दुनियाभर से अधिकतम निवेश आकर्षित करने और कॉरपोरेट करों में कटौती का लाभ लेने की अपील की प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए ताकि सहयोग अधिक सार्थक हो सके उन्होंने राज्यों से अपील की है कि वे जिलों में भी प्रतिस्पर्धा और सहयोगपूर्ण संघवाद को बढ़ावा दें नायड़ मात भाषा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि भारत की भाषायी विविधता देश की प्राचीन सभ्यता की आधारशिला है वे अंतर्राष्ट्रीय मातु भाषा दिवस के अवसर पर शिक्षा और समाज को समावेषी बनाने के लिए बहभाषिकता के बारे में वेबिनार को संबोधित कर रहे थे

इससे पहले भाजपा विधायक दल ने विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए गिरीश गौतम के नाम पर मुहर लगा दी है इसके बाद श्री गौतम ने आज विधानसभा पहुंचकर अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया

वहीं श्योपुर संवाददाता ने बताया कि जिले में अठारह हजार पांच सौ अड़सठ किसानों द्वारा रबी फसलो का पंजीयन कराया गया है

राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ओरछा धाम के करीब पर्यटन ग्राम लाडपुरा में राधापुर विलेज होम स्टे बनाया गया है